आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने राज्य में खेलों इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए असम सरकार को बधाई दी है उन्होंने कहा कि इस आयोजन में अस्सी नये रिकॉर्ड बने जिनमें छप्पन रिकॉर्ड लड़कियों के नाम रहे उन्होंने इन माता पिताओं की सराहना की जिन्होंने गरीबी को अपने बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने दिया श्री मोदी ने कहा कि बाईस फरवरी से ओड़िसा के कटक और भुवनेश्वर में खेलों इंडिया विश्वविद्यालय खेल की पहली कड़ी आयोजित होगी उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर से शुरु फिट इंडिया स्कूल अभियान के भी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और पैसठ हजार स्कूलों ने फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है श्री मोदी ने शारीरिक गतिविधियों और खेलकूद को शिक्षा के साथ समायोजित करने का स्कूलों से आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित गगनयान मिशन नये भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा दो हजार बाईस में आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर इस मिशन के माध्यम से किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने का संकल्प पूरा होगा उन्होंने भारतीय वायुसेना के उन चार पायलटों की सराहना की जिन्हें अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चूना गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी मुद्दे का समाधान हिंसा नहीं हो सकती और न ही इसका समाधान नई समस्या खड़ी करके किया जा सकता उन्होंने कहा कि दो हजार बीस का नया दशक ब्र रियांग समुदाय के जीवन में आशा की नई किरण लेकर आया है प्रधानमंत्री पच्चीस वर्ष पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट हल करने के समझौते की चर्चा कर रहे थे राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और प्रदेश की प्रथम महिला निलम मिश्रा ने इकहत्तर गणतंत्र दिवस की उपलक्ष पर राज भवन में पारंपरिक घर पर समारोह की मेजबानी की पेमा खांडू व उनके मंत्री परिषद सहित राज्य विधान सभा अध्यक्ष पी डी सोना व विधान सभा के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे

उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने इंद्रजीत नामचूम अरुणाचल लीग दो हजार बीस का कल नामसाई के बहुद्देशीय सांस्कृतिक सभागार में अधिकारिक रुप से इसका शुभारंभ किया यह फुटबॉल प्रतियोगिता मशहुर फुटबॉल खिलाड़ी इंद्रजीत नामचुम की याद में आयोजित किया जा रहा है उपमुख्यमंत्री सह मुख्य पेटरॉन ने अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा दिवंगत नामचूम के फुटबॉल में योगदान को मान्यता दिए जाने पर खुशी जाहिर की सांगे लाहदेन स्पोर्ट्स अकादमी चिंपू में बारह फरवरी को लीग का औपचारिक रुप से आगाज किया जायेगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार सभी विद्यार्थियों को बहुआयामी विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण नवाचारी शिक्षा उपलब्ध करायेगी कल दिल्ली में देशभर के सत्तासी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और उन पर नयें और समृद्ध भारत के निर्माण का दायित्व है उन्होंने कहा कि देश के पास सबसे अधिक युवा हैं और यह क्षमता भारत को आर्थिक और वैश्विक महाशक्ति बना सकती है भारत की भावना से जुड़ा भारत पर्व दो हजार बीस दिल्ली के लालकिला मैदान में शुरु हो गया है जो इस महीने की इकतीस तारीख तक चलेगा भारत पर्व का उद्देश्य लोगों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना और उनमें देखों अपना देश की भावना पैदा करना है पर्यटन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस वर्ष के भारत पर्व का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोहपूर्वक मनाना भारत पर्व दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा

चालू वित्त वर्ष में अब तक तीन हजार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक डिजिटेल लेन देन के माध्यम से भुगतान हुआ है